लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में आज रात आठ बजे से पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये लॉकडाउन भोपाल नगरनिगम सीमा में लागू रहेगा

राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि धर्मग्रुओं से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष राखी और ईद का त्यौहार परिवार के साथ घर पर ही मनाया जा सकेगा

इस दौरान दवाओ सब्जी फल दूध आदि अतिआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी गरीब वर्ग की सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी सभी निजी कार्यालय एवं व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे सभी उद्योग चालू रहेंगे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने के लिए कर्मचारियों के परिचय पत्र मान्य रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिक संक्रमण वाले जिलों भोपाल ग्वालियर जबलपुर मुरैना खरगौन और उज्जैन पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए हैं जिससे यह पता किया जा सके कि नियमानुसार इलाज किया जा रहा है अथवा नहीं भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कल शाम लॉकडाउन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि भोपाल में सिटी बसें प्राइवेट बसें ऑटो टैक्सी कैब ई रिक्शा सब बंद रहेंगे पब्लिक प्लेस होटल रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे होम डिलीवरी भी नहीं होगी शॉपिंग मॉल मार्केट किराने समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे फ्लाइट्स और ट्रेनों के टिकट ही ई पास की तरह मान्य होंगे

इनमें एक ही परिवार के आठ सदस्य षामिल हैं

यह आदेश जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने जारी किया है कलेक्टर ने बताया कि ग्वारीघाट स्थित एक आश्रम में मिले कोरोना के मरीजों को देखते हए क्षेत्र में स्थित आश्रमों में बाहर से लोगों के आने और रुकने पर रोक लगा दी गई है

संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं खंडवा में कल एक नया मरीज मिला वहीं कोरोना संकमण को रोकने के लिए आगरमालवा जिले में शनिवार रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा

इस बीच राज्य राज्य सरकार ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन का हटा दिया है अमित सांघी यहां के नये पुलिस अधीक्षक होंगे

वहीं आगरमालवा और कटनी में शनिवार और रविवार को बंद रहेगा

रेल टिकट भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट प्रणाली को आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस आधारित बना रहा है इसमें आरक्षित अनारक्षित और प्लेटफार्म सहित हर प्रकार के टिकट क्यूआर कोड वाले जारी किए जाएंगे ताकि स्पर्श रहित टिकट चेकिंग सिस्टम की शुरुआत की जा सके इसमें टीटीई यात्री के टिकट को हाथ में लेकर चेक करने की बजाय अपने मोबाइल फोन अथवा हैंडहेल्ड मशीन से क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करके यात्री का ब्यौरा चेक कर सकेगा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कल नई दिल्ली में कहा कि क्यूआर कोड यात्री के मोबाइल पर आएगा वेबसाइट और मोबाइल एप पर आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के आधार पर टिकट आरक्षण व्यवस्था से लोगों को कन्फर्म टिकट मिल सकेंगे

ये जानकारी स्पेशल डीजी पीटीआरआई महान भारत सागर ने कल राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में दी

चुनाव आयोग ने इससे पहले प्रदेश की आगर सहित सहित छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को सात सितंबर तक के लिए टाल दिया है कोरोना महामारी और बाढ़ के कारण यह फैसला किया है आयोग ने कहा कि हालात अनुकूल होने पर उपचुनाव कराए जाएंगे नियमों के अनुसार विधानसभा या लोकसभा की सीट खाली होने की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है

वे अपने विचार नमो एप या वेबसाइट माई जीओवी डॉट इन पर भी भेज सकते हैं

मौसम बारिश सावन महीना करीब करीब आधा बीत जाने के बाद भी प्रदेशवासियों को सावन में बारिश की जोरदार झडी का अभी भी इंतजार है राजधानी भोपाल में तो पिछले कई दिनों से चमकदार धूप खिल रही है वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की जा रही है

वहीं सागर रीवा इन्दौर और होशंगाबाद संभाग में कृछ स्थानों पर वर्षा हुई मौसम केन्द्र ने आज जबलपुर होशंगाबाद इन्दौर उज्जैन संभागों के कई जिलों के अलावा गुना अशोकनगर मुरैना और श्योप्रकला जिले के अनेक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है